आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इकतीस जुलाई तक बढ़ाई गई

इस योजना की शुरूआत हरेली पर्व के दिन से की जाएगी इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से पत्रकारों से डिजिटल माध्यम को जरिये चर्चा करते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य गौ पालन को बढ़ावा देने के अलावा उनकी सुरक्षा भी करना है साथ ही पशपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहंचाना है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पश्पालकों से गोबर खरीदने के लिए दर निर्घारित की जाएगी इसके लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है श्री बघेल ने कहा कि इस अभिनव योजना के जरिये गांव में रोजगार के अवसर भी बढेंगे उन्होंने बताया कि शहरों में आवारा घमने वाले पशुओं की रोकथाम और गोबर खरीदी से लेकर इसके जरिये वर्मी खाद के उत्पादन तक की पूरी व्यवस्था नगरीय प्रशासन के हाथों में होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी खाद के जरिये जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा उन्होंने कहा कि वर्मी खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से होगी श्री बघेल ने कहा कि राज्य में किसानों के साथ वन विभाग कृषि उद्यानिकी और नगरीय प्रशासन विभाग को पौधरोपण तथा बाग बगीचों के लिए खाद की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति इस योजना के माध्यम से की जा सकेगी श्री बघेल ने कहा कि जैविक खाद के बेहतर प्रचार प्रसार के लिए सरकार बाजार भी उपलब्ध कराएगी सूप्रीम कोर्ट सीबीएसई र्केन्द्र और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि पहली से पंद्रह जुलाई तक निर्घारित दसवीं और बारहवीं कक्षा की बकाया परीक्षाओं को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रद्द करने का फैसला किया है हालांकि बोर्ड ने यह भी कहा है कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी उच्चतम न्यायालय देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की वजह से पहली से पंद्रह जुलाई तक होने वाली बारहवीं कक्षा की बाकी परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का पिछली परीक्षा के आधार पर आंकलन करने के लिए भी एक योजना बनाई गई है उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि विद्यार्थियों को बाद में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने या पिछली परीक्षा पर आधारित आकलन के विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा कोरोना महासमुंद जिले में आज से कोविड केयर सेंटर की सेवाएं शुरू हो गई हैं अब कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का जिले में ही उपचार किया जाएगा महासमंद जिला मुख्यालय में स्थित इस कोविड केयर सेंटर में आज बसना विकासखंड के कोरोना संक्रमित दो मरीजों को भर्ती किया गया गौरतलब है कि मरीजों के भर्ती होने को साथ ही इस सेंटर में बाहरी व्यक्तियों या अन्य मरीजों का प्रवेश पुरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है वहीं चिकित्सकीय और प्रबंधकीय सेवा प्रदान करने के लिए दो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं इधर बलौदाबाजार भाटापारा जिले के धाराशिव में प्रवासी श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें आसपास के गांव में बने क्वारेंटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है इस दौरान सेंटरों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही मजदूरों की समृचित जांच और देखभाल की जा रही है उघर रायगढ़ जिले में दूसरे राज्यों से लौटने वाले मजदूरों की जानकारी प्रशासन को नहीं देने के मामले में रायगढ कलेक्टर ने एनटीपीसी लारा प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं इस बीच स्वास्थ्य विमाग ने सोशल मीडिया में वायरल पोल्टी फॉर्म में मुर्गियों में कोरोना वायरस की पृष्टि संबंधी खबर को भ्रामक और झूठा बताया है स्वास्थ्य विमाग ने कहा है कि विमाग द्वारा किसी भी पोल्ट्री फॉर्मे में मूर्गे मूर्गियों में कोरोना वायरस की मौजूदगी की जांच नहीं कराई गई है विमाग ने सोशल मीडिया में इसे पोस्ट करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने की बात कही है हर्षवर्धन ब्लड ऐप केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ई ब्लड सर्विसिस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की यह पहल कोरोना वायरस से निपटने के लिए है डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अवसर पर कहा कि जरूरतमंद लोग इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें कहां से ब्लड भिलेगा उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम चार यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हैं कोरोना विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तृत कर रहा है कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी का कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारण किया जाएगा

इस योजना के तहत पौधे लगाने के इच्छक लोगों को अब नर्सरी या अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं पडेगी उन्हें घर बैठे ही पौधे प्राप्त हो जाएंगे साथ ही उन्हें पौधों के लिए कोई शल्क भी नहीं देना पडेगा जो लोग पौधा लगाना चाहते हैं उन्हें वन विभाग को फोन करना होगा जिसके बाद वनकर्मी आपको घर पहुंचाकर पौधे देंगे साथ ही उनके द्वारा पौधों की सुरक्षा और समुचित देखरेख के लिए जानकारी भी दी जाएगी इसी कड़ी में आज दूर्ग जिले में विधायक अरूण वोरा ने हरियाली प्रसार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

सामान्य प्रशासन विमाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रदेश में क्लबो शॉपिंग मॉल रेस्टॉरेट और होटल के संचालन की अनुमति रहेगी हालांकि सिनेमा हॉल जिम स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर बार और ऑडिटोरियम तथा अर्सेबली हॉल फिलहाल चालू नहीं किए जा सकेंगे शॉपिंग मॉल के भीतर गेम और ऑर्केड तथा बच्चों के प्ले एरिया के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी स्पोटर्स काम्प्लेक्स और स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी लेकिन दर्शकों के बैठने की अनुमति नहीं होगी इसके साथ ही राज्य के परिवहन आयुक्त ने लॉकडाउन के दौरान बंद सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे दी है इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले के बीच आवागमन के लिए यात्री बसों को तत्काल प्रभाव से संचालन की अनुमति दे दी गई है जिन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई है उन प्रतिष्ठानों को भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम के दूसरे संस्करण की यह तेरहवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य नम्बर पर डॉयल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं इसके अलावा एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे सुझाव दिये जा सकते हैं भाजपा वीडियो कॉन्फ्रें सिंग सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रदेशमर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाएं आयोजित की जा रही हैं इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बलौदाबाजार जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल देश की वर्षों की संजोयी हुई आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है डॉक्टर सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण काल में भी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत एक सौ सत्तर लाख करोड रूपये का प्रावधान किया है साथ ही केन्द्र ने बीस लाख करोड रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है इसके जरिये गरीब श्रमिक और जरूरतमंदों के अलावा सुक्ष्म लघ और मध्यम उद्योगों को भी आर्थिक मदद देने की पहल की गई है डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल को विफल बताया उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार से कोरोना जांच की संख्या और क्वारेंटाइन सेंटरों में सुविधा बढाए जाने की मांग की इधर राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया इस गौके पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर मोर्चे पर सक्षमता से कार्य कर रही है

इसके तहत गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को नमन किया जाएगा और मौन रहकर श्रद्वांजलि अर्पित की जाएगी इस दौरान महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमा स्थलों के पास शहीदों की याद में मोमबत्ती और दीया जलाया जाएगा इसके अलावा स्पीक अप फॉर मारटर्स कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे वहीं आगामी उनतीस जून को सभी जिला मुख्यालयों में पेट्रोल डीजल के दामों में हुई वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे इसके अलावा स्पीक अप ऑन पेट्रोलियम प्राइजेस कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा आयकर रिटर्न समय सीमा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष दो हजार अद्ठारह उन्नीस के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा आगामी इकतीस जुलाई तक बढ़ा दी है बोर्ड ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी इस वर्ष तीस नवंबर तक बढ़ाई है कोरोना संक्रकण के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक लाख रुपये तक के स्व आंकलन कर भ्रगतान की तिथि भी इस वर्ष तीस नवंबर तक बढ़ा दी है इसी तरह बोर्ड ने पैन को आधार से जोडने की तारीख भी अगले वर्ष इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है संस्कृत विद्यामंडलम परिणाम छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम द्वारा आयोजित नवर्मी से बारहवीं तक की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत छियानवे दशमलव नौ दो प्रतिशत रहा है जानकारी के अनुसार इस वर्ष की परीक्षा में कल तीन हजार तीन सौ अस्सी छात्र शामिल हुए थे इनमें से तीन हजार दो सौ छिहत्तर छात्र उत्तीर्ण हए हैं इधर व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं ने सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तेईस जून से बढ़ाकर तीस जून कर दी है इसके अलावा मंडल द्वारा अभ्यर्थियों को पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा भी दी जा रही है इसके तहत अभ्यर्थी अपना पंजीयन नंबर जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालकर अपने पर्व में किए गए आवेदन को देख सकेंगे और किसी प्रकार की त्रटि होने पर उसमें सुधार कर सकेंगे गौरतलब है कि व्यापमं द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग चिकित्सा नर्सिंग शिक्षा और कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है वहीं छत्तीसगढ मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कल और हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम की परीक्षा के आवेदन पत्र एक जुलाई से घोषित केन्द्रो से वितरित किए जाएंगे इसी के साथ उर्दू अदीब और उर्दू माहिर प्रमाण पत्र परीक्षा के फॉर्म भी एक जुलाई से वितरित किए जाएंगे सामान्य शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि इकतीस जुलाई रखी गई है वहीं विलंब शुल्क के साथ ग्यारह अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे रायपुर जिले के परीक्षार्थियों के लिए उर्दू कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला शास्त्री बाजार और नूरानी उच्चतर माध्यमिक शाला राजातालाब को परीक्षा आवेदन देने के लिए केन्द्र बनाया गया है माओवादी समर्पण बीजापुर जिले में माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के पुलिस उपमहानिरीक्षक कोमल सिंह और जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप के सामने माओवादी राजू हमला और मंगलू वेको ने आत्मसमर्पण किया ये दोनों महाराष्ट्र मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में सक्रिय थे तथा विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं डीजीपी कॉन्फ्रें स प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी रेंज और जिलों के कामकाज की सर्मीक्षा की इस दौरान उन्होंने चिटफंड कंपनी के मालिकों को पकड़ने के लिए सभी जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी की तरह काम करने के निर्देश दिए बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप चिटफंड पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाने के साथ ही निर्दोष एजेंटों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे साथ ही उन्होंने आदिवासियों पर दर्ज सामान्य किस्म के अपराधों को समाप्त करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश दिए श्री अवस्थी ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में जिन आदिवासियों पर गंभीर किस्म के अपराध दर्ज नहीं है उन्हें रिहा किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए पूलिस महानिदेशक ने कहा कि चिटफंड प्रकरणों में कंपनी के डायरेक्टरों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए मौसम छत्तीसगढ़ में फिलहाल कुछ दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना नहीं है मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका मध्य पाकिस्तान से मध्य बिहार तक बनी हई है इसके कारण इस समय मानसून ब्रेक जैसी स्थिति है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ छींटें पड सकती हैं संक्षिप्त समाचार राजधानी रायपुर की माना पुलिस ने करीब तीस लाख रूपये का गांजा सहित एक ट्रक जब्त किया है इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल का अवैध कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को दुर्ग जिले की जेवरा सिरसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस ने आरोपी के पास से साढ़े छह क्विंटल चावल और वैन जब्त किया है